उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्यकर्भियों और पुलिसकर्भियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में अफवाहो को रोकने में आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण है कल नई दिल्ली में रेडियो प्रसारकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए श्री मोदी ने उनर्से अफवाहों की रोकने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारकों को विशेषज्ञों के विचारों को देने के साथ साथ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी लोगों को देनी चाहिए उन्होंने रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं से लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों और चुनौतियों का भी उल्लेख करने को कहा ताकि सरकार इनके समाधान के लिए प्रयास कर सके उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए रेडियो प्रसारकों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्धनों और सुविधा वंचित लोगों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है और इनके बारे में लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है ताकि घोषित उपायों का लाभ उन्हें मिल सके सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रवि मित्तल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया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

दुकान सेनिटाइज झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी किराना और दवा दुकानों को सेनिटाइज किया जाएगा केंद्र सरकार के निर्देश पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन सभी कारोबारी केंद्रों को सेनिटाइज करने का अभियान चलेगा जहां लॉकडाउन के बाद भी खरीदारी के लिए लोगों का आना जाना जारी है इसके अलावा लोगों में सोशल डेस्टेंसिंग को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा उधर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाईकर्मियों के सेनिटाइजेशन की भी तैयारी शुरू कर दी गई है इसके तहत सफाईकर्भियों को कचरा उठाने से लेकर कचरा फेंकने तक की प्रक्रिया में रखी जानेवाली सावधानियों से भी अवगत कराया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में श्री नायडू ने इस महामारी को वैश्विक स्तर पर गम्भीर आपदा बताया उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय पर किए गए आपात उपायों से इस संकट का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहा है केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रमेश पोखरियाल निशंक ने भी एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिया है

मंत्रालय का कहना है कि डाक नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण को प्राथमिकता दी जाएगी मंत्रालय ने ये कहा है कि पोस्ट ऑफिस बचत बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से जमा और निकासी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी तथा द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा

वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि हर जिले में आपात व्यवस्था के रूप में दो हजार फूड पैकेट तैयार रखे जाएंगे रांची जिले में पांच हजार फूड पैकेट उपलब्ध रहेगा ये फूड पैकेट चूड़ा गुड़ और चना से भरे रहेंगे उन्होंने बताया कि लोगों को अनाज की किल्लत न हो इसके लिए सरकार कई के कदम उठा रही है राशन कार्डधारियों के साथ कार्ड के लिए आवेदन कर चुके लोगों को भी दो महीने का अग्रिम अनाज दिया जाएगा खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राज्य में तीन र्सौ साठ अतिरिक्त दाल भात केंद्र खोले जाएंगे इसके अलावा थानों में भी दाल भात केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है डॉक्टर उरांव ने कहा कि अनाजों की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए हर जिले में एक और प्रखंडों में दो दो उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं आइसोलेशन सेंटर राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न अस्पतालों में पांच सौ साठ आइसोलेशन बेड तैयार कर लिये गए हैं निजी अस्पतालों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है इसके अलावा वैसे निजी अस्पतालों की भी सूची तैयार कर ली गई है जहां वेंटीलेशन की सूविधा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि आइसोलेशन बेड वाले अस्पतालों को सभी निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तैयार किया गया है इधर राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए चार नई मशीनें मंगाई है इसमें एक मशीन राजधानी रांची के रिम्स में लगाई जाएगी नई मशीनों के आने से लोगों के सैंपलों की जांच में तेजी आएगी

जिले के वरीय पूलिस अधीक्षक अनिश ग्रप्ता ने बताया कि जो वाहन चालक लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा उधर लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन परिस्थिति में घर से बाहर निकलने के लिए अब रांची पुलिस आमलोगों को पास जारी करेगी कोई भी व्यक्ति आपात परिस्थिति में घर से बाहर निकलने के लिए एसएसपी अंडर स्कोर रांची एट झा पुलिस डॉट गोब्म डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं

राज्यों को विद्यार्थियों और अन्य राज्यों से आई कामकाजी महिलाओं को अपने मौजूदा आवास में रहने की अनुमति देने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है

इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नेशनल एलीजिबिलिटी कम इंट्रेस टेस्ट नीट परीक्षा को स्थगित कर दी है